उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव स्थित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केंद्र में आज एक कार्यक्रम में पांच लोगो को पार्टी की सदस्यता प्रदान कर इस अभियान की शुरुआत की

भाजपा का सदस्यता अभियान भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर शुरु हुआ है इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड़डा और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने बाबतपुर स्थित वाराणसी हवाई अड़डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण भी किया इधर ईटानगर के बैंकेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का श्रभारंभ किया गया इस अवसर पर असम से सांसद रमेन डेका केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरेन रिजिज़् सांसद तापिर गाव मुख्यमंत्री पेमा खांडू उपमुख्यमंत्री चाऊना मेन राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य पार्टी विधायको और कार्यकर्ताओ ने हिस्सा लिया इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के सदस्यता कार्यक्रम को सभी वर्गो को साथ में लेकर आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया

ईटानगर में आज संवाददाताओ को संबोधित करते हुए श्री रिजिज़ु ने कहा कि खेल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओ के विकास का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओ में भाग लेने योग्य खिलाड़ियो को अत्याध्रनिक प्रशिक्षण प्रदान करना है उन्होंने कहा कि आगामी पूर्वोत्तर युवा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जायेगा और खेल सुविधाओ के विकास के बाद राष्ट्रीय खेल भी राज्य में सफलता पूर्वक आयोजित किया जा सकेंगा

यह राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस अवसर पर राज्य के टीकाकरण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉडी पादुंग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छह वर्ष से दस वर्ष की आयु के बच्चों को रोटा वायरस का टीका दिया जायेगा उन्होंने प्रदेशवासियों से डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करने की अपील की

कल लोकसभा में बजट पेश करने के बाद आकाशवाणी से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार समर्पित तरीके से सभी नीतिगत सुधारों को लागू कर रही है वित्तमंत्री ने कहा कि बजट से स्पस्ट है कि भारत में वास्तव में व्यावहारिक अर्थशास्त्र प्रभावी है इससे पहले नई दिल्ली में संवाददाताओ से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में ग्राणीण जीवन को बेहतर बनाने के उपायो पर ध्यान दिया गया है और इस दिशा में कई पहल की गई है उन्होंने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण है और सरकार ने इनके जरिये वित्त के लिए व्यापक उपाय किये है वित्तमंत्री सीतारमन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में सत्तर हजार करोड़ रुपये के प्रंजीनिवेश प्रस्तावों से उन्हें ऋण देने में आसानी होगी उन्होंने कहा कि स्टार्टअप उद्यमों को कर राहत दी गई है जिसमें वे और अधिक आसानी से कारोबार कर सकेंगे

इस अवसर पर राजधानी क्षेत्र ईटानगर सिद्धार्थ बौद्ध मथ में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया बौद्ध संगथन द्वारा इस खास मौके पर सास्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें युवाओ ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

इसका उद्घाटन सामाजिक बुराईयों के खिलाफ महिला संगठन की महासचिव जया तासुंग मोयोंग ने किया इस जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल ट्रर्नामेंट में सरकारी और निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयो की बालक और बालिका समूह में तेरह तेरह टीमें हिस्सा ले रही है उद्घाटन मैच में बोरगुली हायर सेकेंड्री स्कूल के छात्र की टीम ने रानी हायर सेकेंड्री स्कूल को दो शुन्य से और दाई ईरिंग मेमोरियल हायर सेकेंड्री स्कूल की छात्राओ ने बोरगुली हायर सेकेंड्री स्कूल को एक शुन्य से हराया